लोकसभा चुनाव के सिलसिले में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया भराड़ीसैंण में विधानसभा के निर्माण कार्यो का निरीक्षणकहा देश का सबसे खूबसूरत विधानसभा भवन तैयार

उत्तराखंड के गौचर को सर्वोत्तम गंगा शहर घोषित किया गया है वहीं इंदौर को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला सर्वेक्षण में भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है उज्जैन को तीन लाख से दस लाख आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है

इस सर्वेक्षण में शीर्ष शहरों को स्वच्छता की दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई

इस प्रकार यह विश्व में सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया है इस अवसर पर श्री कोविंद ने उन सबकी सराहना की जो देश में स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता आंदोलन के प्रसार में महत्वंपूर्ण भूमिका अदा की थी राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि लोग हाल में संपन्न हुए कुंभ मेले और वहां की स्वच्छता से प्रेरणा लेंगे

उन्होंने युवाओं को अवसर का लाभ उठाकर राज्य के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया आज मुख्यमंत्री ने देहरादून में युवा उत्तराखण्ड उद्यमिता एवं स्वरोजगार की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया टिहरी के नीरज शर्मा ने सवाल किया कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में आए प्रस्तावों पर क्या प्रगति हुई है

पौड़ी की इंद् उनियाल ने पलायन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार की कार्रवाई को लेकर प्रश्न प्रछा जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पलायन आयोग की रिपोर्ट से सरकार के पास यह जानकारी आ गई है कि किस गांव से कितना पलायन हुआ और इसका क्या कारण था इसी रिपोर्ट के आधार पर ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना पर काम किया जा रहा है वहीं अल्मोड़ा से ईशा जोशी बागेश्वर से ज्योति देहरादून के अभिषेक नैथानी और प्रियंका बिष्ट के सवालों का मुख्यमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने कि दिशा मे भी नये कीर्तिमान स्थापित हुए हैं

प्रदेश की फिल्म पॉलिसी से राज्य में शूटिंग को बड़ा प्रोत्साहन मिला इससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए पहली बार ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना की गई है

यहां स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के भरपूर अवसर उनके घर मे उपलब्ध कराये जायेंगे युवा उत्तराखण्ड उद्यमिता एवं स्वरोजगार की ओर कार्यक्रम में प्रदेश भर से दस हजार से अधिक विभिन्न क्षेत्रों के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की

पूरे प्रदेश से आए युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ राज्य और देश में उपलब्ध स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की

युवाओं की काउंसिलिंग कर रोजगार से जोड़ने में मदद कि गई साथ ही स्वंय का उद्यम स्थापित करने के इच्छ्क युवाओं का भी मार्गदर्शन किया गया

उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस बल का मतदान केन्द्र पर सही ढंग से उपयोग कराया जाए ताकि कोई अप्रत्यक्ष घटना न घट सके उन्होंने जनपद प्रभारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का खुद अवलोकन कर उनका अनुपालन कराने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि कोई भी पुलिसकर्मी मतदान का उपयोग करने से वंचित न रहे स्लग लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पौड़ी और टिहरी जिला अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए योजना बनायी गई है जिनका टेण्डर हो चुका है

मुख्यमंत्री ने वीरचन्द्र गढ़वाली मेडिकल कालेज श्रीनगर के परिसर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रांसी स्टेडियम को महावीर चक्र विजेता जसवन्त सिंह रावत के नाम से रखे जाने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग की जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उन्हें समय पर ं पूरा किया जायेगा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरे काम को शुरू करें

स्लग निरीक्षण गैरसैंण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि भराड़ीसैंण में देश का सबसे खूबसूरत विधानसभा भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है आज विधानसभा अध्यक्ष ने भराड़ीसैंण में विधानसभा में निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त किया उन्होने बताया कि पिछले विधान सभा सत्र के दौरान जो भी कठिनाइयां यहां हई थी उनको दूर कर दिया गया है और सत्र चलाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं परिसर में की जा चुकी है

मुख्य सचिव ने कहा कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को लगातार परामर्श देते हुए ईलाज जारी रखा जाना चाहिए देहरादून में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड राज्य एड़स नियंत्रण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक हई इस बैठक में समिति ने संचालित विभिन्न गतिविधियों और भौतिक प्रगति की विस्तृत जानकारी दी